धनबाद में आज सुबह भीषण सड़क हादसा कार पर सवार सभी पांच लोगों की मौत

इसके साथ ही राज्य में कूल कोरोना संक्रमितों की संख्या चार सौ आठ हो गई है कल मिले कोरोना संक्रमितों में रांची के सिल्ली प्रखण्ड से दस लातेहार से पांच सिमडेगा और पश्चिमी सिंहमूम से तीन तीन गढ़वा रामगढ तथा बोकारो से दो दो जबकि पलामू गुमला खूंटी और पूर्वी सिंहमूम के एक एक मरीज शामिल हैं खूंटी जिले में कल पहली बार कोरोना संक्रमित मरीज मिला है झारखंड में अब सिर्फ साहेबगंज जिला ही कोरोना संक्रमण से मुक्त है बाकी सभी तेईस जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं

यह दवा देश के दूसरे प्रांत में भी युद्धस्तर पर अपनाकर नोवेल कोरोना से निजात दिलाने की पहल की जानी चाहिए राज्यपाल ने कल राजभवन में द होम्योपैथिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया रांची के सदस्यों से यह बात कहीं इस मौके पर राज्यपाल ने सदस्यों द्वारा उपलब्ध दवा को राजभवन में नगर निगम के कार्यरत पांच कोरोना योद्दाओं के बीच वितरित किया

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत ने लॉकडाउन के दौरान अपने स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाया है

श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों के झारखंड लौटने का सिलसिला जारी है तमिलनाडू के कोयंबदूर से चलकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज सुबह ग्यारह बजकर पन्द्रह मिनट पर बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंची इस ट्रेन से झारखंड के विभिन्न जिलों के एक हजार छह सौ तीन प्रवासी मजदूर और विद्यार्थी वापस लौटे बोकारो स्टेशन पर सभी प्रवासी मजदूरो को जिला प्रशासन की ओर से खाने का पैकेट दिया गया

गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि ट्रेन में झारखंड के विभिन्न जिलों के श्रमिक सवार थे गिरिडीह पहुँचे मजदूर केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधा से खुश नजर आए

बोकारो जिले के बेरमो विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक सह इंटक के राष्ट्रीय महामंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार अबसे थोडी देर बाद दामोदर नदी के तट पर राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे इससे पूर्व श्रीसिंह का पार्थिव शरीर कल देर रात गड़गांव से बेरमो स्थित उनके आवास पहुंचा श्रीसिंह के अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी थी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 प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए रेलवे ने देशमर में तीन हजार साठ से अधिक श्रमिक स्पेशल रेलगांडियां संचालित की हैं

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि तीन हजार से अधिक श्रमिक रेलगाडियाँ सफलतापूर्वक चलाई गयीं और प्रवासी श्रमिकों को देश के विभिन्न भागों में उनके गृह राज्य तक पहुंचाया गया एक टवीट संदेश में श्री गोयल ने सभी राज्यों से अपील की कि वे रेलवे और श्रमिक बंधुओं के साथ सहयोग करें

इससे देश के विभिन्न भागों में फंसे हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है

उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश से विमान सेवाए आज शुरू होने की संभावना है

इसके साथ ही यह संख्यां बढ़ती जाएगी

राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को इसकी पर्याप्त आपूर्ति की जा रही हैं

द्मका जिले में मौसम के मिजाज में पिछले दो दिनों से बड़ा बदलाव आया है रह रह कर तेज हवाएं चल रही हैं और बूंदा बांदी भी हो रही है धनबाद जिले के गोविन्दपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह करीब पांच बजे एक कार पुल पर बने डिवाइडर से टकराकर खुदिया नदी में जा गिरी जिसमें कार सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई मरने वालों में चालक सहित दो पुरुष एक महिला और एक बच्ची शामिल है

दूर्घटना के बाद गोविंदपुर थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कार से सभी शवों को बाहर निकाला गया गोविंदपुर पुलिस ने बताया कि सभी मृतकों की पहचान कर ली गई है

उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों को प्रत्येक महीने सुचारु रुप से भुगतान करने के लिए प्रयासरत है चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र में कल शाम अगलगी की घटना में दो मासुम भाईयों की जलकर मौत हो गई अगलगी का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है